होलिका दहन के साथ आज से शुरू होगा होलिका पर्व

सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में नर्मदा सेवा मिशन की गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे विभागों की समीक्षा की उन्होने नर्मदा नदी के तटों से लगे जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपने अपने जिलों की गतिविधियों की रिपोर्ट भेजें जिससे समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये बनाये गये किसानों के संकुलों के काम में तेजी लायें उन्होने कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाये पौधों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पौधों की रक्षा के लिये निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है सामग्री जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन ने निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण और जांच के दौरान सामग्री का परीक्षण अधिमान्य प्रयोगशालाओं से करवाने के निर्देश दिये हैं इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव को परिपत्र जारी किया है सामग्री का परीक्षण ठेकेदार के व्यय पर ही कराने और इन परीक्षणों पर होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित विभाग को प्रयोगशालाओं को करने के लिये कहा गया है नंद कुमार प्रदेश की दो विधानसभा सीटों शिवपुरी जिले की कोलारस और अशोकनगर जिले की मुंगावली पर हुए उपचुनाव में हार के बाद भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान ने इसे कांग्रेस की तकनीकी जीत बताते हुए कहा कि भाजपा के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है यह इस बात का संकेत है कि भारी समर्थन वाले क्षेत्रों में भी कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल केंद्रों में शुल्क संग्रहण के लिए महिलाओं की तैनाती करेगा

यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो अगले तीन महीनों में सभी टोल केंद्रों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना दे दी गई मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जॉर्डन के शाह अब्दुनल्लाद द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ शिष्ट मण्डल स्तरीय वार्ता की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इस योजना के तहत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटेलाइट मैप पर देखी जा सकेगी

बोर्ड परीक्षाएं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा बारहवीं की परीक्षायें आज से शुरू हो गई हैं

दिव्यांगों के लिए परीक्षा का समय दोपहर एक से चार बजे तक है

वहीं आगरमालवा जिले से चार हजार नो सौ सेंतीस परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए यहां नकल पर रोक लगाने के लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं

होली दहन प्रदेश भर में होली का पर्व आज होलिका दहन के साथ शुरू होगा इस मौके पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किये हैं खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई है आगरमालवा में होली पर्व के लिए लोग शक्कर के गहने और लड़की बने खांडो की खरीददारी कर रहे हैं परंपराओं के तहत इन गहनों को पहनकर होलिका की पूजा अर्चना की जाती है

होशंगाबाद जिले में होलिका पर्व धूमधाम से मनाया जायेगा शिवपुरी जिले में लठ मार होली खेली जायेगी

वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रंगोत्सव के पावनपर्व पर अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली रंग उमंग और भाईचारे का त्यौहार है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित राज्यमंत्री मंडल के सदस्यों ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाऐं दी हैं भगोरिया समापन झाबुआ जिले में आज होलिका दहन के साथ ही पिछले आठ दिन से चल रहे आदिवासियों के पर्व भगोरिया का समापन जाएगा इसके पहले आज सुबह से झाबुआ और अलीराजपुर जिले में चल रहे भगोरिया में बड़ी संख्या में स्थानीय वनवासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे आज अंतिम दिन झाबुआ के पारा हरिनगर सारंगी समाई चेनपुरा में और अलीराजपुर जिले के जोबट सोण्डवा और फूलमाल में भगोरिया मेले का आयोजन हुआ

रायसेन जिले में आज कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था को लेकर बैठक की